राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके चरित्र के निर्माण में भी करे योगदान प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि भारत कारोबार सुगमता की रैंकिंग में एक वर्ष के अंदर आगे बढ़ता हुआ एक सौवें स्थान से सतहत्तरवें स्थान पर आ गया है वे कल नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए टीकमगढ़ सीकर कोटा कोरबा और बुलन्दशहर में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत की यह उपलक्षि तीव्र प्रगति और मजबूत विकास को दर्शाती है एक राष्ट्र के रूप में यह हमारी मजबूत होती अर्थव्यवस्था और तेज प्रगति का परिचायक है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्टार्टअप नवाचार और कृषि पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में भी बिजली उपलब्ध करा दी गई है और समूचे भारत में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है इससे पहले सरकार ने बहत सारी सुधार किए इसमें जीएसटी बिजली की आसान पहंच ऑनलाइन अप्रवल कस्ट्रक्शन परमिटस ट्रांसपैरेंट और तेज प्रक्रिया स्टार्ट अप और इनोवेशन पर फोक्स करना ये कई चीजें अनगिनत इनिशेटिव हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष दो हजार सोलह में ही देश के पहले बिजली कटौती मुक्त राज्य का दर्जा हासिल कर लिया श्री मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर मेरा ब्रथ सबसे मजब्रत प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए राष्ट्रप्रति रामनाथ कोविंद ने बच्चों की बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में दो दिन के ज्ञान कृंभ के उद्घाटन अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार के नियम अपनाने और उनके चरित्र निर्माण में भी योगदान करें राष्ट्रपति ने केन्द्र के सहयोग से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भूमिका की सराहना की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत उच्चतर शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत और योग गुरू स्वामी रामदेव इस अवसर पर मौजूद थे इसके बाद ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए राष्ट्रपति ने कहा है कि युवा डॉक्टरों को देशवासियों के स्वास्थ्य सेवा के प्रति उसी तरह समर्पित होना चाहिए जैसे सीमा पर तैनात सैनिक देश की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं अब आप सब उस महत्वपूर्ण समुदाय के सदस्य हो गए हैं जिसके योगदान के बल पर हम स्वस्थ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि गरीबी और बीमारी जैसे शत्रुओं से लड़ रहे भारतवासियों के स्वास्थ की रक्षा के लिए आप सभी युवा डॉक्टर नर्स उसी जोश और उत्साह के साथ स्वयं को समर्पित करेंगे जैसे सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए हमारे सेना के जवान किया करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित आगरा और मुजफ्फरनगर में रामायण के मराठी संस्करण गीत रामायण का आयोजन करने का फैसला किया है यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के समझौते के तहत आयोजित किये जायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि गीत रामायण के कार्यक्रम गजानन दिगम्बर मद ग्लकर जिन्हें आधनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है और मराठी गायक सुधीर फड़के की स्मृति में आयोजित किये जायेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल रामपुर में लोक निर्माण विभाग की मंडल स्तरीय विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया इस दौरान जिले के महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि जनता के हित में कई योजनाओं और अध्रे कार्या को पूरा किया जा रहा है उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हए कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में बड़ी विजय के साथ नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है इससे चौदह लाख से अधिक अराजपत्रित अधिकारियों को बोनस मिलेगा बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ पाने वालों में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी भी शामिल है पहली जुलाई से इक्तीस अक्टूबर तक बढ़े डीए का भुगतान जीपीएफ में जमा किया जायेगा जबकि नवम्बर के डीए का भुगतान वेतन के साथ किया जायेगा बोनस और डीए के भुगतान से सरकार के राजस्व पर एक हजार सात सौ सत्तावन करोड़ पच्चीस लाख रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम लोगों को सशक्त बना रही है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास और समावेशन पर कम खर्च आता है नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री रविशंकर प्रसाद ने कल कहा कि सरकार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और प्रदेश के विधि तथा न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवीन कार्यालय भवन की आधारशिला रखी इस अवसर पर विधि एवं न्यायमंत्री श्री पाठक ने कहा कि यह संस्था गरीबों एवं समाज के वंचित वर्ग को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है और पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता का कार्य भी करती है भारत जिम्बाबे को दो बिजली परियोजनाओं और एक पेयजल परियोजना के लिए आसान शर्तों पर पैंतीस करोड़ डॉलर से अधिक का ऋण देगा भारत उसे इन्डो जिम टेक्नोलॉजी सेंटर के उन्नयन के लिए लगभग तीस लाख डॉलर का अनुदान देगा इसके अलावा भारत जिम्बाबे में महात्मा गांधी सम्मेलन केन्द्र के निर्माण के लिए सहायता भी उपलब्ध करायेगा भारत और जिम्बाबे ने खनन वीजा छूट प्रसारण और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं केन्द्र सरकार ने कंपनी संशोधन अध्यादेश दो हजार अट्ठारह लागू कर दिया है इससे कंपनी नियमों के बेहतर अनुपालन के जरिए कारोबार आसान बनाने में मदद मिलेगी यह अध्यादेश व्यापार संबंधी अपराधों के कपनी अधिनियम दो हजार तेरह की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश लागू करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दी अधिनियम के तहत मुख्य संशोधनों में सोलह प्रकार के कपनी अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों के बदले स्थानीय तौर पर करना शामिल है चंदौली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय सांसद डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय ने रेलवे पर बनाये जाने वालो आठ ओवर ब्रिजों का वैदिक मंत्रोच्वार के बीच शिलान्यास किया मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए बताया कि चंदौली जनपद के आठ स्थानों पर रेलवे लाइन के ऊपर बनाये जाने वाले इन ओवर ब्रिजो की कुल लागत चार सौ करोड़ रुपये होगी जिनको अट्ठारह महीने में तैयार कर लिया जायेगा ये सभी ओवर ब्रिज डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर योजना के अंतर्गत बनवाये जायेगें जिसमे उत्तर प्रदेश सेतु निगम की भी भागीदारी होगी उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पर इन ओवर ब्रिजों को बन जाने के बाद आम लोगो को रेलवे फाटक बंद की वजह होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि यूपी एटीएस के द्वारा मियामी एयरपोर्ट पर हमले की धमकी देने वाले जालौन के युवक के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जा रही है